उच्च शिक्षा विभाग प्रदेश के दो सौ महाविद्यालयों से पास होकर निकले विद्यार्थियों के भविष्य पर रखेगा नजर

प्रदेश राजनीति प्रदेश में चल रही राजनीतिक खींचतान के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायक और मंत्रियों के दिल्ली में डेरा डालने की खबर है बताया जा रहा है कि वे अपने नेता को उचित सम्मान नहीं दिये जाने पर नाराज हैं इससे पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात के साथ साथ राज्यसभा चुनाव और नये प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा हुई मुख्यमंत्री का दो दिन और दिल्ली में रूकने का कार्यक्रम था लेकिन ताजा घटनाकम के बाद वे राजधानी भोपाल लौट आये जानकारों का कहना है कि देर रात तक प्रदेश कांग्रेस में कई अहम मामलों पर निर्णय होने की संभावना है अल्पसंख्यक विकास फ्लेगशिप केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बताया है कि केन्द्र सरकार अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनायें चला रही है मंत्रालय के अनुसार गरीब नवाज़ स्वरोजगार योजना सीखो और कमाओ योजना तथा नई मंजिल योजना के तहत चार लाख से ज्यादा महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराये गये हैं

इन योजनाओं में युवा उद्यमियों और कुछ रचनात्मक करने की इच्छा रखने वाले युवाओं की मदद की जाती है मंत्रालय अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं में नेतृत्व विकास के उद्देश्य से नई रोशनी योजना चला रहा है जिसके तहत करीब तीन लाख महिलाओं ने पिछले पांच साल में फायदा लिया है

विभाग द्वारा स्टूडेंट ट्रकिंग के माध्यम से यह जानकारी संकलित करने की कोशिश की जा रही है कि डिग्रीधारक विद्यार्थियों की वर्तमान स्थिति क्या है और प्रदेश के विश्वविद्यालयों से मिली डिग्री की कितनी उपयोगिता है

मीट में विद्यार्थियों से जानकारी ली जाए कि वे डिग्री लेने के बाद जीवन यापन के लिए क्या कर रहे हैं

वन मंत्री वन मंत्री उमंग सिंघार ने प्रदेश के वन क्षेत्रों से लगे हुए होटल्स और रिसॉर्टस मालिकों से कहा है कि शादी पार्टी आदि का बचा हुआ खाना रात में परिसर में न फेंके आधिकारिक जानकारी में श्री सिंघार ने कहा कि खाने से आकर्षित होकर स्थानीय पश् और वन्य प्राणी परिसर में आ जाते हैं श्री सिंघार ने साथ ही कहा कि जंगलों के पास स्थित शहरों के होटल और रिसॉर्ट मालिक रात में चौकीदार की व्यवस्था अवश्य करें गौरतलब है कि हाल ही में भोपाल के एक होटल में वन्य प्राणी द्वारा व्यक्ति पर आक्रमण की घटना सामने आई थी इससे सबक लेते हुए सुरक्षा के कदम तत्काल उठाये जाने के निर्देश दिये गये हैं प्रहलाद पटेल प्रदेश में कथित तौर पर भाजपा विधायकों की सुरक्षा हटाये जाने को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कहा है कि सुरक्षा के मामले में कोई राजनीति नही होना चाहिए श्री पटेल आज सागर जिले के बण्डा विधानसभा क्षेत्र के तिनसमाल गाँव पहुंचे थे वे यहां होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए इस मौके पर उन्होंने बुंदेली फागों का आनंद लिया होलिका दहन प्रदेश में आज रात श्भमुहर्त में होलिका दहन की जाएगी वन विभाग और प्रशासन ने लोगों से होलिका दहन में लकड़ी के बजाय गौकाष्ठ और कंडों का इस्तेमाल करने की अपील की है होलिका दहन के साथ ही रंगों का पर्व होली शुरू हो जायेगा जो पांच दिनों तक चलेगा कल लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल और अबीर डालकर होली की शुभकामनाएं देंगे राज्यपाल मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने जनता को होली की बधाई दी है वहीं नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने भी इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं उज्जैन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि होली के अवसर पर महाकाल मंदिर में कल सुबह चार बजे भस्म आरती की जाएगी इसके बाद मंदिर परिसर में धुलेंडी खेली जाएगी उधर इंदौर में होलकर वंश की परम्परा अनुसार राजबाड़ा पर विधि विधान से होलिका का दहन किया जाएगा विदिशा में जिला प्रशासन ने शांति और सद्भाव के साथ होली मनाने के व्यापक प्रबंध किये हैं उधर सतना कलेक्टर ने कोरोना वायरस के संकमण को देखते हए सुखे रंगों से होली मनाने की अपील की है शाजापुर जिले में होली दहन के बाद कल सुबह से ही लोग रंग खेलना शुरू कर देंगे छिंदवाड़ा जिले में भी विभिन्न रीति रिवाजों और परम्पराओं के साथ होली का पर्व मनाया जाएगा होशंगाबाद रतलाम मंदसौर नीमच धार देवास सिवनी राजगढ़ भिंड मुरैना शिवपुरी और टीकमगढ रायसेन बैतूल में आज कई स्थानों पर परम्परानुसार होलिका दहन किया जाएगा अपील होली पुलिस महानिदेशक राजेन्द्र कुमार ने लोगों से शांति सद्भाव एवं आपसी भाई चारे के साथ होली पर्व मनाने की अपील की है श्री कुमार वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आज सभी जिलों के आईजी एसपी के साथ होली के त्यौहार पर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को हर हाल में शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को शांति व्यवस्था भंग करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्ती से निपटने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की छोटी से छोटी सूचना को गंभीरता से लें उन्होंने सभी जिलों के अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था के लिए ड्रोन का उपयोग करने पर जोर दिया उधर खंडवा पुलिस अधीक्षक शिवदयाल सिंह ने आकाशवाणी के जरिए लोगों से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट न करने की अपील की

कल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जन संपर्क मंत्री पीसी शर्मा जिले के प्रभारी मंत्री जयवर्धन सिंह और ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने इसका भूमि पूजन किया

इस हादसे में तीन युवकों की मृत्यु हो गई

पुलिस मामले की जांच कर रही है